वनाधिकार पट्टे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के ग्राम भिलाई में आज वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे

श्री चौहान इस अवसर पर नवनिर्मित कॉलेज भवन का कार्यक्रम स्थल से ही लोकार्पण करेंगे तथा जनसभा को संबोधित भी करेंगे वोकल फार लोकल प्रधानमंत्री के लोकल के लिए वोकल की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में भोपाल के हस्त शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार राग भोपाली के नाम से नए ब्रांड की शुरुआत कर रही है भोपाल अपने जरी जुरदोजी और जूट के काम के लिए विख्यात है अब इस काम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की जा रही है

देश में कुल सक्रिय मामले तीन दशमलव चार प्रतिशत है वर्तमान में देश में संक्रमण के तीन लाख पांच हजार सक्रिय मामले हैं

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की तुलना में स्वस्थ होने की दर लगातार बढ रही है

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक हजार चार सौ दस मरीज ठीक हुए

जन आंदोलन प्रदेश बुरहानपुर के योग प्रशिक्षक मोहम्मद फहीद ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दो गज की सुरक्षित दूरी बनाने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

मौसम उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश प्रदेश में कड़के सर्दी पड़ रही है

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ने का अनुमान जताया है

सागर में महार रेजीमेंट केन्द्र से एक सौ तिहत्तर नये सैनिक सैन्य प्रशिक्षण पाकर निकले

शिवपुरी में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी